राज्य में एक विदेशी समेत बारह और संदिग्ध मिले

प्रदेश में पन्द्रह लाख शिक्षकों के अठारह माह का डीएलएड कोर्स होगा मान्य

राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से बच्चों को बचाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन बंद कर दिया है समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय के निदेशक ने बताया कि अगले आदेश तक केन्द्रों पर सारी गतिविधियां बंद रहेगी वहीं समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के लिए पोषाहार की व्यवस्था पूर्व की तरह जारी रहेगी राज्य में कोरोना वायरस के एक विदेशी समेत बारह और संदिग्ध मरीजों की पहचान हुई है लेकिन अब तक एक भी मामला पॉजिटिव नहीं मिला है इनमें दिल्ली से पूरी जा रहा एक जापानी व्यक्ति भी शामिल है जिसे गया के मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है पावापुरी के वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान में कोरोना के तीन संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया है जबकि मुंगेर के जमालपुर से भी एक संदिग्ध मरीज को चिकित्सकों ने भागलपुर भेजा है वहीं समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर के तीन लोगों को स्थानीय सदर अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है इधर नेपाल सीमा से सटे सात जिलों में खास चौकसी के लिए पदाधिकारियों की तैनाती की गयी है साथ ही स्वास्थ्य विभाग के चार निदेशक प्रमुखों को विभिन्न जिलों में बनाये गये आईसोलेशन वार्ड की जिम्मेदारी सौंपी गयी है पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने जिले के चौबालीस अस्पतालों में मरीजों के इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है केंद्र सरकार ने कोविड नाईनटीन के संक्रमण के तेरह नए मामलों की पुष्टि करते हुए बताया कि देश में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढकर तिहत्तर हो गई है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत ने इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए ऐहतियाती कदम उठाए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं उन्होंने कहा कि विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा अब तक नौ सौ भारतीयों तथा अड़तालीस विदेशी नागरिकों सहित नौ सौ अड़तालीस यात्रियों को सुरक्षित वापस लाया गया है श्री अग्रवाल ने कहा कि इटली से भारत लाए गए तीन यात्रियों को दिल्ली के पास मानेसर में बने अलग शिविर में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर है उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों के समूह ने दो बैठकें करके सभी ऐहतियाती उपायों पर चर्चा की

विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की मुख्य चिंता कोविड नाईनटीन के संक्रमण के फैलाव को रोकना है मंत्रालय ने लोगों से अपनी जगह बने रहने तथा बहुत आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव दम्मू रवि ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और स्थिति नियंत्रण में है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा हर्षवर्धन ने लोकसभा में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों की जानकारी दी

विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि विदेशों में रह रहे सभी भारतीयों को नोवेल कोरोना वायरस से मुक्त पाये जाने के बाद ही स्वदेश लाया जायेगा इस मुद्दे पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश की सुरक्षा को देखते हुये यह फैसला किया गया है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनआईओएस की ओर से कराये गये डीएलएड कोर्स को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मान्य घोषित करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील नहीं करने का निर्णय लिया है वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त और बिहार बोर्ड से संबद्ध सरकारी तथा निजी शिक्षा संस्थानों में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा अट्ठाईस मार्च को होगी श्री किशोर ने बताया कि परीक्षा के लिए सभी जिला मुख्यालयों में केन्द्र बनाया गया है मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चक्रवात उठने के कारण आज राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश हो सकती है पटना मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार चक्रवाती हवाओं के चलने के कारण बारिश की आशंका बनी हुई है इसमें दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के जिलों बक्सर भोजपुर भभुआ रोहतास जहानाबाद और औरंगाबाद शामिल हैं इन जिलों में गरज के साथ ओले भी पड़ने की संभावना है प्रदेश सरकार किसानों को वर्षा आंधी और ओलावृष्टि से बरबाद हुए फसलों पर क्षतिपूर्ति के रूप में प्रति हेक्टेयर साढ़े तेरह हजार रूपये देगी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया है कि औरंगाबाद भागलपुर बक्सर गया जहानाबाद कैमूर मुजफफ्रपुर पटना पूर्वी चम्पारण समस्तीपुर और वैशाली के प्रभावित किसानों को अनुदान दी जा रही है कृषि मंत्री ने कहा कि योजना का लाभ ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को मिलेगा केन्द्र सरकार ने राजधानी पटना में बनने वाले एक सौ चालीस किलोमीटर लंबे रिंग रोड को अपनी मंजूरी दे दी है अड़तालीस सौ करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस रोड में वैशाली और सारण जिले के भी कुछ क्षेत्र जुड़ जायेंगे रिंग रोड का निर्माण अड़तालीस महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है पटना और आरा शहर को जोड़ने वाले सोन नदी पर बने कोइलवर पुल के सड़क मार्ग का उत्तरी लेन पन्द्रह मार्च से चौबीस मई तक प्रत्येक बुधवार और रविवार को बंद रहेगा पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि पुल पर मरम्मत का कार्य किये जाने के कारण यह निर्णय लिया गया है मुजफ्फरपुर के मंझौलिया गांव में विषाक्त भोजन करने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी जबकि पांच लोग गंभीर रूप से बीमार हो गये बीमार लोगों को एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है सीतामढी जिले के सोनबरसा प्रखंड के भुतही पंचायत में एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी पुलिस मामले की जांच कर रही है कटिहार जिले के तेलता ओपी थाना क्षेत्र में स्थानीय पुलिस ने एक वाहन से एक सौ पन्द्रह लीटर विदेशी शराब बरामद किया है वहीं पटना जिले के बख्तियारपुर में पुलिस ने अवैध शराब के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के चकभिक्की गांव में सिलेंडर फटने से लगे आग के कारण ग्यारह घर जल कर राख हो गये

हिन्दुस्तान की सुर्खी है कोरोना संक्रमण से देश में पहली मौत दैनिक जागरण लिखता है महामारी ने दुनिया भर में मचायी अफरा तफरी दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है तेरह बोरा सिक्का लूटने वालों को पीआर बांड भरवाकर पुलिस ने थाने से ही छोड़ दिया था प्रभात खबर ने पटना रिंग रोड को केन्द्र सरकार से मिली हरी झंडी को बड़ी खबर बनाया है अखबार आज लिखता है उनतीस को प्रधानमंत्री करेंगे मन की बात

राज्य में एक विदेशी समेत बारह और संदिग्ध मिले

प्रदेश में पन्द्रह लाख शिक्षकों के अठारह माह का डीएलएड कोर्स होगा मान्य